सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हए आतंकी हमले के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई इस बैठक में जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया इस प्रस्ताव में सभी दल आतंकवाद और आतंकियों को सीमा पार से मिल रहे समर्थन की कड़ी आलोचना करते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आतंकी हमले और उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गृहमंत्री ने बताया कि इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्यवाही के लिये सुरक्षाबलों को पूरी छूट दी गई है बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं सरकार और सुरक्षाबल इसके खिलाफ जो भी कदम उठायेंगे हम उसका समर्थन करेंगे श्री तोमर ने कहा कि बैठक में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई और यह संकल्प किया और शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा आज महाराष्ट्र के पंढर्कवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के अपराधी छिपने का चाहे जितना प्रयास कर लें उन्हें बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षाबलों पर गर्व है सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है आतंकवादियों के दुस्साहस का पूरी सख्ती से जवाब दिया जायेगा पुलवामा शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद जवान अश्विनी काछी को आज जबलपुर जिले में उनके पैतृक गांव खुड्डावल में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम बिदाई दी गई इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की और आतंकवाद के प्रति अपना आकोश व्यक्त किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद अश्विनी को उनके गांव पहुंचकर श्रद्वा सुमन अर्पित किये उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद अश्विनी की शहादत पर हमें गर्व है सरकार इस घड़ी में शहीद परिवार के साथ है राज्य सरकार की ओर से उनके परिवार को एक करोड़ रूपये एक आवास और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शहीद के गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्दा सुमन अर्पित किये

गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बेंसला ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि समाज के हित में यह आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है इससे पहले श्री बेंसला ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह से विधानसभा में पारित आरक्षण संबंधी मसौदे पर चर्चा की इसके बाद आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया पिछले दिनों गुर्जर आंदोलन के चलते राज्य में रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ था जिसके चलते कई ट्रेनों को या तो रद्द किया गया था या फिर दूसरे मार्गो से चलाया जा रहा था आंदोलन समाप्ति से अब यातायात फिर से व्यवस्थित हो सकेगा

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन का निर्णय लिया गया

उन्होंने जबलपुर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वचन पत्र में किये गये सभी वादों को पूरा करेगी

कृषि क्षेत्र के लिये दीर्घकालिक योजना भी बनाई जा रही है

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

सत्र के लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है इसके लिये कल भोपाल में अपने अपने विधायक दल की बैठकें बुलाई गई हैं

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होगी इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कमलनाथ के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी हिस्सा लेंगे

लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए सभी राजस्व न्यायालयों में यह लोक अदालतें आयोजित की गई थीं